प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग निहित कारणों से चौकीदार अभियान के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं इस दौरान श्री मोदी ने गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र भी किया

उन्होंने कहा कि सरकार गलत नीतियों की वजह विगत वर्ष प्रतिदिन सत्ताइस हजार नौकरियां का नुकसान हुआ

फसबुक व्हाट्सअप ट्वीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई द्वारा कल निर्वाचन आयोग को सौंपी गई आचार संहिता के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी इसके तहत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी इस आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यमों के पारदर्शी और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना है इस व्यवस्था में राजनोतिक दलों के विज्ञापनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है इसके अलावा मतदान के खत्म होने के आख़िरी अड़तालिस घंटों में किसी को भी राजनीतिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया संगठनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी

टवीटर पर एक वीडियो संदेश में श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद के सफल अनुभव का उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए

श्री मिश्र ने आज देवरिया मे कहा कि पार्टी संगठन के काम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यह फ़ैसला किया है श्री मिश्र ने कहा कि पार्टी ने उन्हें हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया है इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र राज्य की संगठन सम्बन्धी ज़िम्मेदारी भी दी गयी है

रंगो का यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय और वसंत के आगमन का प्रतीक है मथुरा अयोध्या और काशी सहित पूरे राज्य में आज होली की धूम है इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक बन्दोबस्त किये गये हैं प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनायें दी हैं श्री नाईक ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि यह पावन पर्व आपसी भेदभाव भुलाकर सद्भाव कायम करने का संदेश देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में होली मनायी इस मौके पर उन्होंने नगर में निकाले जाने वाले परम्परागत होली जुलूस की अगुवाई की उधर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के मन्दिरों में सुबह से ही जश्न का माहौल है दुनिया के कई देशों से आये पर्यटकों ने भी रंगो के इस त्यौहार का भरपूर आनंद लिया

यहाँ मथुरा वृन्दावन बरसाना नंदगांव गोकुल होली रंगों से रंग गया यहाँ ब्रज के प्रमुख मंदिरों में चहाँओर उड़ रहे गुलाल के बादल जगह जगह बह रहा रंगों का दरिया ढप ढोलक झांझ मजीरों की सुरीली धुन पर इठलाती गेहूं की बलियां

सेवायतों द्वारा पिचकारी से चलाये रंगों की बौछार र्से विदेश से आये लाखों श्रद्धालू कृष्णमय हो गये

रामनगरी अयोध्या में होली का उल्लास चरम पर है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से अयोध्या में होली के विविध रंग देखने को मिलते हैं कोई रंग और गुलाल से होली खेलता है तो कोई फूलों से अयोध्या में साध्र संतों ने अपने अराध्य भगवान राम के साथ फूलों की होली खेली मंदिरो में आयोजित होली कार्यक्रम में एकत्र हुए साधू संतों और भक्तों ने एक दूसरे सहित भगवान के विग्रहो पर फूलों की बौछार कर होली के धार्मिक परिवेश को परवान चढ़ाया साथ ही भगवान के चरणों में स्पर्श करके अबीर और रंग भक्तों में होती खेलने के लिए भेजा गया तो अयोध्या की सड़कों पर हर ओर क्या बच्चे क्या बड़े रंगों में सराबोर हो गये और एक दूसरे से गले भिलकर बधाइयां दीं इस बीच मंदिरों में मंत्रोंचरण के साथ विग्रहों को नये वस्त्र धारण कराकर विशेष व्यंजनों का भोग लगाया गया राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या वाराणसी में स्थानीय लोगों और दूर दराज से आये पर्यटकों न गंगा के विभिन्न घाटों पर जमकर होली खेली

आगरा में ताजमहल का दीदार करने आये विदेशी पर्यटकों ने भी होली का पूरा आनन्द लिया गुलाल की वर्षा के बीच यह पर्यटक होलो के रंग में सराबोर नजर आये वहीं पीलीभीत के मुस्लिम बाहुल्य शेरपर कला गॉव में होली का अलग अंदाज दिखा

शेरपुर गांव में गालियां देकर फगुआ वसूलीा गया पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी जुलूस में मौजूद रहे माधीटांडा गांव में शुक्रवार को महिलाये रेग खेलेंगी इस दौरान पुरूष डर का घर छोड़ कर चले जाते हैं जो भी मिलता है महिलायें उसे रंग से सराबोर कर के फगुआ भी वसूलती हैं कुछ लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर होली खेलते हफु तो घुंघचाई में कपड़े फाड़कर होली ँखेलने का चलन देखने को मिला सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीभीत अमरोहा में दोपहर बाद पारम्परिक राम बारात निकाली गयी जो शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरती हुई मामला कोट में सम्पन्न हुई

हालांकि शिवपाल यादव ने इटावा के एसएस कालेज मैदान में आयोजित होली समारोह में भाग लिया समाजवादी पार्टी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब यादव परिवार के लोगों ने अलग होली मनायी इस बीच शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से अलग मुलाकात कर उन्हें होली की बधाई दी और लगभग एक घंटा उनके साथ रहे

विशेष ओलम्पिक खेलों में भारत ने तीन सौ अड़सठ पदक हासिल करने का इतिहास बनाया है भारत के स्पेशल एथलीट्स ने इन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पच्चासी स्वर्ण एक सौ चौव्वन रजत और एक सौ उन्तीस कांस्य पदक जीतें हैं

इस मौके पर विशेष महफ़िलों और मक़ासिदों का आयोजन इमामबाड़ों और दरगाहों पर हो रहा है घरों में नज़ ओ नयाज़ का सिलसिला जारी है इस अवसर पर पुराने लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है इसी क्रम में शहर स्थित शिया यतीमखाने में आज रात जश्न ए मौलूद ए काबा का आयोजन भी किया जा रहा है हज़रत अली का जन्म पन्द्रह सितम्बर छः सौ एक में हुआ था